शिक्षा विभाग ने प्रदेश में पाचवें चरण के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया शुरू की है विभाग ने नियोजन के लिए चौदह जून को मेधा सूची का प्रकाशन करेगा अट्ठाईस और उनतीस जून को काउंसिलिंग के बाद नियोजन पत्र बांटे जायेंगे पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक में यह निर्णय लिया गया विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रदेश के इन कोटि के विद्यालयों में लगभग बत्तीस हजार शिक्षकों के पद रिक्त है गौरतलब है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का पांचवे चरण का नियोजन कार्यक्रम पटना उच्च न्यायालय के वर्ष दो हजार सत्रह के आदेश के आलोक में रोक दिया गया था मुख्यमंत्री ने केवल जोतदारों को ही फसल अनुदान देने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया है प्रदेश की सूखाग्रस्त घोषित किये जा चुके पच्चीस जिलों के दौ सौ अस्सी प्रखंडों की समीक्षा के आधार पर सरकार ने फसल सहायता योजना की रकम के भूगतान में जमीन मालिक के बजाए जोतदार को प्राथमिकता देने का फैसला किया है बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन किसानों को बिहार फसल योजना का लाभ मिला है उनको सब्सिडी के रूप में रकम मिलेगी प्रदेश की सभी एक लाख चौबीस हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़के मार्च दो हजार इक्कीस तक बना ली जायेगी अब तक नब्बे हजार चार सौ किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने यह जानकारी दी इसके अलावा एक सौ आठ किलोमीटर लंबाई वाले बख्तियारपुर रजौली फोर लेन मार्ग के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और आयोग के अधिकारियों के नौ कार्यदलों का गठन किया है इनमें मतदाता पर्चियों के मुद्दे मतदान केन्द्र प्रबंधन आदर्श आचार संहिता मतदान प्रक्रियाएं और सामग्री सूची क्षमता निर्माण तथा व्यय प्रबंधन के मुद्दे शामिल हैं ये सभी कार्यदल संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करेंगे और इस वर्ष अगस्त तक व्यावहारिक सुझाव देंगे निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों का एक दिन का सम्मेलन आयोजित किया मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हाल के चुनावों में अधिकारियों के सामने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की एक बड़ी चुनौती थी उन्होंने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा कि वे खासतौर से चुनाव प्रक्रियाओं को सरल और मतदाताओं के अनुकूल बनाने पर ध्यान दें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में चुनाव कराने में अलग अलग राज्यों के अनुसार विभिन्न चुनौतियां हैं दरभंगा जिला प्रशासन लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत निर्मित शौचालयों का जियो टैगिंग और लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने में बरती गई घोर लापरवाही को ध्यान में रखते हुये एक सप्ताह में चालीस प्रतिशत का लक्ष्य हासिल नहीं करने वाले प्रखंड समन्वयकों की संविदा रद्द कर देगा उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो ने बताया कि इस अभियान के तहत निर्मित शौचालयों का जियो टैगिंग और लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने में शिथिलता बरतने के चलते कई प्रखण्ड समन्वयकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उन्होंने बताया कि कार्य में लापरवाही बरतने के चलते इन कर्मियों के सात दिन के मानदेय की कटौती भी कर ली गई है नमामि गंगे परियोजना के तहत राज्य में तीन हजार दो सौ सैंतीस करोड़ उनहत्तर लाख रूपये की योजना बनायी गयी है पहले चरण में एक हजार नौ सौ करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है इसके अंतर्गत गंगा नदी की धारा को पटना के सभी घाटों के करीब लाने के लिए हरिद्वार प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जायेगा वहीं प्रदेश में नदियों में खतरे के निशान का निर्धारण फिर से किया जायेगा साथ ही नदियों में प्रमुख स्थानों पर इसके लिए इंडीकेटर लगाये जायेंगे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यासजी ने कहा कि यह कार्य जल संसाधन विभाग केन्द्रीय जल आयोग के साथ मिलकर करेगा राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में मौसम में बदलाव के कारण गर्मी से राहत मिली है मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है उत्तर बिहार के कई इलाकों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना का तापमान तीन डिग्री नीचे आ गया है पटना का अधिकतम तापमान चौतीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया कटिहार जिले के बलरामपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर पंचायत के बेजपुरा गांव में बिजली का करंट लगने से तीन लोगों की मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि बेजपुरा गांव स्थित खेत में काम करने के दौरान तीन लोग पहले से टूटकर गिरे बिजली के तार के संपर्क में आ गये इस दुर्घटना में तीनो की मौके पर ही झुलसकर मौत हो गयी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की विभिन्न बसों में आज से मासिक पास सिस्टम लागू हो जायेगा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मासिक पास सिस्टम में सामान्य महिला छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग पास रहेगा पटना शहर के अलावा रूट मासिक पास सिस्टम भी जारी होगा परिवहन सचिव ने बताया कि पटना से हाजीपुर के लिए बारह सौ रूपये पटना से बिहारशरीफ दो हजार नौ सौ और पटना से बिहटा के लिए एक हजार चार सौ रूपये में एक महीने तक सफर कर सकेंगे पूर्णिया जिले के धमदाहा थाना क्षेत्र के धमदाहा पुरानी नहर के पास अपराधियो ने चार व्यवसायी से सत्तर लाख रूपये लूट लिये तथा एक व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया किशनगंज जिले के दिघलबैक थाना क्षेत्र से सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने छह लाख अस्सी हजार रूपये के नेपाली जाली नोट के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है सीवान सदर अस्पताल में चिकित्सक के साथ की गयी मारपीट के विरोध में सीवान के चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं पटना के दीदारगंज से अपहत एक छात्र को भागलपुर के नवगछिया से पूलिस ने सकृशल बरामद किया है इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है सात से नौ जून तक मुजफ्फरपुर में बिहार राज्य गोल्ड कप कबड्डी का आयोजन किया जायेगा बिहार राज्य कबड़डी संघ के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में मेजबान मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी वैशाली सारण दरभंगा पूर्वी चंपारण बेगूसराय और पटना की टीमें भाग लेंगी पटना में आयोजित अंडर फार्टीन टैलेंट सीरीज टेनिस टूर्नामेंट में बिहार के छह खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनायी है पटना में खेली जा रही तेरहवीं सीनियर राज्यस्तरीय स्कवैश चैम्पियनशिप का खिताबी मुकाबला आज गौरव और प्रियाश कैडिया के बीच होगा वहीं महिला वर्ग में सन्नी मेहता और मन्नत गुप्ता के बीच फाइनल मुकाबला खेला जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है बालिका गृह कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तीन माह में जांच पूरा करने को कहा दैनिक भास्कर की सुर्खी है पच्चीस जिलों के दो सौ अस्सी सूखाग्रस्त प्रखंडों की सीएम ने की समीक्षा खेत मालिक से पहले जोतने वालों को मिलेगी फसल सहायता राशि प्रभात खबर ने लिखा है इंटर में दाखिले को लेकर जारी हुई पहले मेधा सूची दस जून तक लेने होंगे एडमिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए दैनिक जागरण ने लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से हिन्दी की अनिवार्यता हुई खत्म